प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आजादी के सत्तर साल बाद भी भारत अपनी समस्याओं को अनसूलझा नहीं रख सकता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज लोकसभा में जवाब देते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समस्याओं का शीघ्रता से समाधान जरूरी है और सभी फसले सही तथा निर्णायक होने चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने इस सरकार के कार्यों और काम करने की रफ्तार को देखकर ही चुनाव में उसे ज्यादा बड़े जनादेश से विजयी बनाया

नाबालिग से रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून नहीं बनता राम जन्मभूमि आज भी विवादों में रहती करतारपुर साहेब कॉरिडोर कभी नहीं बन पाता तो भारत बांग्लादेश सीमा विवाद कभी नहीं सुलझता बोडो समस्या का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बारे में पिछली सरकारों के सभी प्रयास कागजों तक सीमित रहे उन्होंने कहा कि बोडोलैंड के साथ हुआ मौजूदा समझौता कई मामलों में बहुत खास है बाइट इस बार जो समझौता हुआ है वो एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और देश में अहिंसा में विश्वास करने वालों के लिए एक संदेश देने वाली घटनाएं हैं इस बार के समझौते की एक विशेषता है सभी हथियारी ग्रुप एक साथ आए हैं सारे हथियार और सारे अंडरग्राउंड लोग सरेंडर किए हैं और दूसरा उस समझौते के एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो समस्या से जुड़ी हुई कोई भी मांग बाकी नहीं रहेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं श्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया ने अनेक नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये हैं श्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना से करोड़ों लोग न सिफ उद्यमी बने हैं बल्कि उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी प्रदान किये हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमेरिका भारत रक्षा संबंध पारम्परिक खुरीदार विकेता से एक सहयोगी के रूप में तब्दील हो रहा है जो इस सदी का सबसे बड़ा सहयोग साबित हो सकता है श्री सिंह आज लखनऊ में रक्षा प्रदर्शनी में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित गोष्ठी में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि अमरीका और भारत दनिया के लिए सबसे बड़े रक्षा निर्यातकों में से है और इस समय भारत में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है उन्होंने व्यापारिक समुदाय से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने और भारत में निवेश करने का आग्रह किया वहीं भारत अफीका रक्षामंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और अफ्रीका के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं और अफ्रीका देश की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है श्री सिंह ने दोनों देशों के रक्षा संबंधों को आगे ले जाने के लिए भारत की तत्परता का संकेत देते हुए कहा कि यह साझेदारी अफ्रीकी देशों की प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होगी ख़ासतौर से इन प्राथमिकताओं में आतंकवाद और उग्रवाद का म्काबला करने में सहयोग आपसी क्षमताओं को मजबूत करना तथा शांति और उन्नति में संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करना शामिल है उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उद्योग के क्षेत्र में निवेश रक्षा उपकरण साफ्टवेयर डिजिटल रक्षा अनुसंधान और विकास में संयुक्त उद्यम में गहन सहयोग के लिए तत्पर है हमारे संवाददाता ने बताया कि रक्षा प्रदर्शनी में आज दूसरे दिन भारत और रूस के बीच चौदह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये इस दौरान विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियों का कम जारी है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ सर्वोच्च न्यायालय निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फसले को चुनौती देने वालो केन्द्र की अपील पर कल सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय ने कल निचली अदालत के आदेश के खिलाफ केन्द्र की याचिका खारिज कर दी थी उच्च न्यायालय ने मौत की सजा पाये चारों दोषियों को अलग अलग के बजाय एक साथ फांसी दिये जाने का आदेश दिया था केन्द्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने आज शीर्ष अदालत को बताया कि हालांकि इस मामले में दोषियों की समीक्षा याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं लेकिन जेल अधिकारी उन्हें सजा पर अमल करने में असमर्थ हैं उन्होंने यह भी कहा कि चार दोषियों में से तीन की क्यूरेटिव याचिकाएं और दया याचिकाएं भी खारिज की जा चुकी हैं इस पर न्यायमूर्ति एन वी रामन्ना न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कल इस मामले की सुनवाई का फसला किया

देश में अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष दो हज़ार उन्नीस बीस के लिए अपनी छठी और आखिरी द्विमासिक मौद्रिकनीति समीक्षा में मूल नीतिगत दरों को यथावत रखा है तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो रेट को पांच दशमलव एक पांच प्रतिशत पर बनाए रखा गया है रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसे भी चार दशमलव नौ शून्य के स्तर पर ही बनाए रखा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसेलिटी एमएसएफ की दर और बैंक दर मौजूदा पांच दशमलव चार शून्य के स्तर पर ही बरकरार रखी गई है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से यथास्थिति बनाये रखने का फसला किया केन्द्रीय बैंक ने दो हज़ार उन्नीस बीस के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पांच प्रतिशत रखी है और अगले वित्त वर्ष में इसे छह प्रतिशत निर्धारित किया है सीतापुर के बिसवां क्षेत्र में जलालपुर स्थित एक दरी फैक्ट्री में जहरीलो गैस के रिसाव से आज तीन बच्चों सहित सात लोगों की मौत हो गयी हादसे में मरने वाले सभी लोग इस फैक्ट्री में काम करते थे

इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है श्री योगी ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार चार लाख रूपये सहायता राशि देने की घोषणा की है उन्होंने दोषियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई किये जाने का निर्देश भी दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने आज सोनभद्र में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित बैठक में लोगों से इस क़ानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में संवाद किया श्री सिंह न कहा कि विपक्षी दल नागरिकता क़ानून के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा इस क़ानून के बारे में किये जा रहे भ्रामक प्रचार से आपसी कट्रता बढ़ रही है जो किसी भी तरह समाज के हित में नहीं है श्री सिंह ने आम नागरिकों से भ्रामक प्रचार से बचने का आहवान किया इसके अलावा उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लोगों को इस कानून के बारे में तथ्यात्मक जानकारी देने को भी कहा राज्य हज समिति ने हज यात्रा दो हजार बीस के लिए चयनित आज़मीन के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किये हैं हज समिति के कार्यपालक अधिकारी राहुल गुप्ता ने बताया है कि प्रत्येक चयनित हज यात्री को इक्यासी हजार रूपये अग्रिम धनराशि के रूप में पन्द्रह फरवरी तक जमा करने होंगे इसके अलावा पहली किस्त एक लाख बीस हजार रूपये आगामी पन्द्रह मार्च तक जमा करने होंगे उन्होंने बताया कि इस धनराशि को एक साथ भी जमा किया जा सकता है

उन्होंने बताया कि प्रत्येक चयनित आज़मीन ए हज को पेशगी धनराशि की पे इन स्लिप के साथ हज आवेदन फार्म की हस्ताक्षरित प्रति मूल पासपोर्ट एक फोटो बैंक खाते की पासबुक की प्रति मेडिकल स्कीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट पन्द्रह फरवरी तक जमा करना जरूरी है

समाप्त